ये कोष कषि उद्यमियों स्टार्ट अप कषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कषि परिसम्पत्ति पोषण से संबंधित किसान समहों के लिए हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी

हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे

इस योजना को मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी के केवल तीस दिन बाद ही आज दो हजार दो सौ अस्ती से अधिक किसान समितियों को एक हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि की पहली किश्त उपलब्ध कराई गई यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आठ करोड़ पचपन लाख से अधिक कृषक लाभार्थियों को सत्रह हजार एक सौ करोड रूपये की छठी किश्त भी जारी की इस अवसर पर श्री मोदी ने फिर कहा कि भारत के पास भंडारण शीत गृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन में निवेश करने और जैविक तथा पोषक आहार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति बनाने की अपार संभावनाए हैं प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या वर्तमान मरीजों से दोग्नी हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन संक्रमण के चौंसठ हजार तीन सौ निन्यानबे नए मरीजों की पृष्टि हुई इन्हें मिलाकर भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या इक्कीस लाख को पार कर गई है लगातार तीसरे दिन साठ हजार से अधिक नए कोविड रोगी सामने आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक कल चौदह लाख अस्सी हजार आठ सौ चौरासी कोविड मरीज स्वस्थ हए हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान तिरपन हजार आठ सौ उनहत्तर मरीज स्वस्थ हुए कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अड़सठ दशमलव सात आठ प्रतिशत हो गई है इसके साथ ही कोविड से मृत्युदर घटकर दो दशमलव शन्य एक प्रतिशत रह गई है देश में फिलहाल छः लाख अटठाईस हजार सात सौ सैंतालिस रोगियों का उपचार चल रहा है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल सात लाख उन्नीस हजार तीन सौ चौंसढ नमूनों की कोविड जांच की गई आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है

एम्स की ही गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा क्मार का सुझाव है कि लोगों को सामाजिक दूरी और हाथों की स्वच्छता के साथ साथ खांसते समय भी सावधानी रखनी चाहिए इसको ट्रीटमेंट कह ले या फिर प्रीवेंशन कह लें बचाव कह ले जो तरीके हैं जिससे यह कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेसिंग रेस्पेरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है और हैंड हाइजिन अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनीटाइजर का इस्तेमाल करना है प्रदेश में आईआईटी कानपुर ने देश में बने बीज नाम के सीड बॉल विकसित किए हैं इनसे लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हए हैं बीज का विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड ने किया है और व्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से इन सीड बॉल को देसी किस्म के बीज खाद और संक्षिप्त मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है इसमें पौधारोपण के लिए गड्डे खोदने की जरूरत नहीं होती इन सीड बॉल को वांछित स्थानों पर फेंकना होता है और पानी के संपर्क में आने से एक दिन में पौवे खुद ब खुद उगने लगते हैं आई आई टी के प्रोफेसर अमन दीप सिंह ने बताया कानपुर इस बार अपने स्टार्टअप के साथ नया प्रोडक्ट लेकर आया है जिसका हमने नाम रखा है बीज

इसमें जैसे आजकल कोविड के समय में मींग करके प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो इसका मी बहुत सीघा कॉन्टेक्ट कुदरत से रहेगा